वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिये भी मतदान जारी नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के तीन बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले घंटे में लगभग चार प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वाल्मीकिनगर उपचुनाव के लिये भी आज ही मतदान हो रहा है इस उपचुनाव में पहले घंटे में दो दशमलव पांच प्रतिशत से अधिक मतदान की खबर है उप चुनाव में सत्रह लाख सत्ताईस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे उप चुनाव के लिए सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इधर नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर भी पुनर्मतदान जारी है इस निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या बावन बावन ए और पचपन में फिर से मतदान कराया जा रहा है तीन नवंबर को द्रसरे चरण के मतदान वाले दिन ईवीएम और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ले जा रही वैन द्र्घटनाग्रस्त हो गई थी जांच के बाद चुनाव आयोग ने पाया था कि तकनीकी कारणों से ईवीएम में खराबी आ गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हो रहे तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता करके मतदान का कीर्तिमान स्थापित करें श्री मोदी ने मतदाताओं से वोटिंग के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है आकाशवाणी पटना भी आप सभी से कोरोना से बचाव के एहतियाती उपाय का पालन करते हुये बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं चुनाव को देखते हुए नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर गश्त बढ़ा दी गई है इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है वहां उसे तत्काल बदला जा रहा है

वैशाली के पातेपुर से हमारे संवाददाता के के लाल ने बताया कि कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के साथ लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं

दो हजार आठ सौ दस मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग की जा रही है मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही है मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था है पोलिंग बूथों पर पेयजल शेड और शौचालय की भी व्यवस्था की गयी है तीसरे और अंतिम चरण में दो करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार सात सौ अस्सी पुरूष और एक करोड़ बारह लाख पांच हजार तीन सौ अठहत्तर महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या आठ सौ चौरानवे है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकरी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी संख्या अठारह हजार पांच सौ चौरानवे है श्री सिंह ने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनपर विधिसम्मत कार्रवाई की गयी है उन्होंने बताया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में एक हजार दो सौ चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं प्रत्याशियों में एक हजार चौरानवे पुरूष और एक सौ दस महिलाएं हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक इकतीस वहीं चिरैया त्रिवेणीगंज जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम नौ नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चार विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर रामनगर सिमरी बख्तियारप्र और महिषी में मतदान शाम चार बजे तक होगा मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है यह नियंत्रण कक्ष आज रात नौ बजे तक काम करेगा लोग दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके साथ ही मतदाता एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच एक नौ पांच शून्य पर संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर के कॉल सेंटर के नम्बर एक नौ पांच शून्य पर भी जानकारी ली जा सकती है तीसरे और अंतिम चरण की अठहत्तर विधानसभा सीटों में महागठबंधन की ओर राजद ने सबसे अधिक छियालीस उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कांग्रेस के पच्चीस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो और भाकपा माले के पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में है वहीं एनडीए की ओर से जदयू से सैंतीस भाजपा से पैंतीस विकासशील इंसान पार्टी से पांच और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी ने बयालीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इकतीस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तेईस और बहजन समाज पार्टी ने उन्नीस उम्मीदवार उतारे हैं तीसरे चरण में तीन सौ बयासी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जदूय को तेईस राजद और भाजपा को बीस बीस कांग्रेस को ग्यारह निर्दलीय को दो और भाकपा माले तथा रालोसपा को एक एक सीट पर जीत मिली थी तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चूनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्प् यादव के अलावा बारह मंत्रियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला इस चरण में होगा मंत्रियों में जदयू से बिजेंद्र प्रसाद यादव नरेंद्र नारायण यादव रमेश ऋषिदेव ख़र्शीद उर्फ फिरोज अहमद लक्ष्मेश्वर राय बीमा भारती मदन सहनी और महेश्वर हजारी हैं जबकि भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार सुरेश कुमार शर्मा विनोद नारायण झा और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं

सतहत्तर साल के रमई राम दस बार यहां से विधायक रह चुके हैं वहीं उन्नीस सौ सतहत्तर से दो हजार पन्द्रह के बीच सात बार विधायक रहे राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी दरभंगा जिले के केवटी से चुनावी मैदान में हैं उन्होंने इस बार अलीनगर की बजाय केवटी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है इनके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में राजद की लवली आनंद कांग्रेस की सुभाषिनी यादव शकील अहमद खां सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय राजद की रितु जायसवाल और प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं भाजपा के दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह और दिवंगत मंत्री कपिल देव कामत की बहू मीना कामत भी चूनावी मैदान में हैं गौरतलब है कि दो सौ तैंतालीस सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव के लिये पहले चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को इकहत्तर सीट पर और दूसरे चरण में चौरानवे सीट के लिए तीन नवंबर को चुनाव संपन्न हो चुका है तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं मतों की गिनती दस नवंबर को होगी प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बारह हजार नौ सौ ग्यारह हो गई है स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव तीन चार प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में छह हजार नौ सौ इक्यावन सक्रिय मरीज हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार एक सौ उनतीस हो गया है प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसीएच के बहचर्चित दवा और उपकरण घोटाला के पांच आरोपियों की तीन करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है निदेशालय ने पीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर ओपी चौधरी उपाधीक्षक डॉक्टर गणेश प्रसाद और चिकित्सक विनोद कुमार सिंह के अलावा दो आपूर्तिकर्ता की संपत्तियों को जब्त किया है मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली से कथित रूप से एक युवक की मौत के मामले में जिला मुख्यालय के तीन थानाध्यक्ष और दो चौकी प्रभारियों को हटा दिया गया है भोजपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग चार साल पुराने एक मामले में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सवैया मोड़ के पास अपराधियों ने एक मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी इस मामले में मंत्री रामसेवक सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मृतक के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है भोजपूर जिले के नगर थाना क्षेत्र के गांगी के पास अपराधियों ने एक य्वक की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सत्रह खोखे बरामद किये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा मतगणना की तैयारियों से जुड़ी खबरें आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चूनाव के लिये भी मतदान जारी नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के तीन बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की